बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू

सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई

एक सौ अंठानवे सीटों के रूझान सामने आये मतगणना को लेकर सुरक्षा के किये गये व्यापक इंतजाम

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसके साथ ही वाल्मिकी नगर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी जारी है सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई इसके आधा घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मतों की गिनती की जा रही है अब से थोड़ी देर बाद ही रुझान मिलने लगेंगे प्रदेश के अड़तीस जिलों में पचपन मतगणना केंद्र बनाए गए हैं चार सौ चौदह कमरों में वोटों की गिनती की जा रही है सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए किसी भी मतगणना कक्ष में सात से अधिक टेबल लगाने की अनुमति नहीं दी गयी है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना के लिये सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं उन्होंने कहा कि विजय जुलूस और मजमा लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा

ताजा जानकारी के लिए चलते हैं वैशाली संवाददाता के पास

ताजा हालात के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास

प्राप्त जानकरी के अनुसार मधुबनी से राजद के समीर महासेठ आगे चल रहे हैं फूलपरास से कांग्रेस प्रत्याशी कृपानाथ पाठक लोकहा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के लक्ष्मेश्वर राय बाबू बरही से लोजपा के अमरनाथ प्रसाद बेनीपट्टी से भाजपा के विनोद नारायण झा और झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नीतीश मिश्र बढ़त बनाये हुए हैं इधर बेगूसरायय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार अमिता भूषण आगे हैं इस क्षेत्र से भाजपा के कुंदन सिंह पीछे चल रहे हैं मतगणना परिणाम और रुझान की पल पल की जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक इंतजाम किये हैं

इसके अलावा आयोग के वोटर हेल्पलाइन एप के जरिये भी जानकारी ली जा सकती है प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज सुबह दस बजे से मतगणना के रूझान नतीजे और उनके विश्लेषण पर आकाशवाणी पटना से विशेष चुनाव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा नियमित समाचार ब्रलेटिन के अलावा पांच पांच मिनट अवधि के चार अतिरिक्त विशेष चुनाव बुलेटिन अपराहन साढ़े बारह बजे दोपहर डेढ़ बजे और शाम साढ़े पांच बजे प्राइमरी चैनल के साथ साथ एफएम चैनल पर भी प्रसारित किये जायेंगे इसके साथ ही रात्रि साढ़े नौ बजे से दस बजे तक विशेष परिचर्चा का प्रसारण किया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है अब तक दो लाख पंद्रह हजार पांच सौ सतासी मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार सात सौ अड़तीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ पैंसठ नये मरीजों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक चार सौ बत्तीस नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में एक सौ दस बेगूसराय में अड़सठ नवादा में अठारह सीवान और सुपौल में तेरह तेरह मामले सामने आये हैं प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हए पटना गया और मूजफ्फरपूर में पटाखों के उपयोग पर रोक लागयी जा सकती है पर्यावरण जल और वायू परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के आलोक में शीघ्र ही इन शहरों में पटाखे बेचने और इसके उपयोग पर रोक लगायी जायेगी इससे पहले प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर सहित देश के उन सभी शहरों में पटाखों के प्रयोग पर रोक लगा दी है जहां हवा की गुणवत्ता खराब है दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए आज से टाटा दानापुर ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है इस ट्रेन का परिचालन एक दिसम्बर तक होगा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल हैदराबाद जालंधर जम्मू तबी दिल्ली बंग्लुरू मुम्बई सहित कई शहरों के लिए ट्रेने चलायी जा रही है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में मौसम में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है हिमालय से चल रही है ठंडी हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है राजधानी पटना का मौसम काफी शुष्क हो गया है मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी इधर पटना और उसके आस पास के इलाकों में हवा में नमी और धूलकण के कारण प्रदूषण बढ़ गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मतगणना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने शीर्षक दिया है बिहार विधान सभा चुनाव के वोटों की गिनती आज किसका मंगल फैसला आज दैनिक भास्कर की सुर्खी है एक सौ छियासठ सीटों पर प्रूर्षों से ज्यादा महिलाओं का वोट इनमें निन्यानवे फीसदी सीटे दूसरे और तीसरे चरण की प्रभात खबर लिखता है पटना मुजफ्फरपुर और गया में पटाखा पर प्रतिबंध दैनिक आज का शीर्षक है आईपीएल में आज मुम्बई और दिल्ली के बीच खिताबी जंग और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू

सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई

एक सौ अंठानवे सीटों के रूझान सामने आये मतगणना को लेकर सुरक्षा के किये गये व्यापक इंतजाम